बातचीत का अगला दौर कल होगा जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति बने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दी बधाई

प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी

बैठक में केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की बातचीत कल आयोजित की जाएगी बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने बताया कि सरकार ने कृषि कानूनों को एक से डेढ वर्ष तक स्थीगित रखने की पेशकश किसान संगठनों के समक्ष की उन्होंजने कहा कि इस अवधि में किसानों के प्रतिनिधि और सरकार आंदोलन से संबंधित सभी मुद्दों पर बातचीत कर सकते हैं ताकि उचित समाधान निकाला जा सके श्री तोमन ने कहा कि बैठक के दौरान किसान संघों के प्रतिनिधियों की ओर से यह आश्वारसन दिया गया कि वे सरकार के प्रस्तााव पर विस्तोर से विचार करेंगे और कल फिर से वार्ता में शामिल होंगे

श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि वे भारत अमरीका रणनीति साझेदारी को मजबूत करने के लिए श्री बाइडेन के साथ काम करने को उत्सुक हैं उन्होंने अमरीका का नेतृत्व करने में सफल कार्यकाल के लिए नये राष्ट्रपति को शुभकामनाएं दी प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा चुनौतियों से निपटने और वैश्विक शांति तथा सुरक्षा के लिए दोनों देश एकजुट हैं उन्होंने कहा कि भारत अमरीका साझेदारी साझा मूल्यों पर आधारित है बढ़ती आर्थिक साझेदारी और दोनों देशों के लोगों के बीच निकट संपर्क सहित भारत और अमरीका ठोस और बहुपक्षीय आपसी कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने अमरीका की नई उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी बधाई दी उन्होंने कहा कि श्रीमती हैरिस का पद संभालना ऐतिहासिक अवसर है श्री मोदी ने भारत अमरीका संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए उनके साथ कार्य करने की उत्सुकता प्रकट की

राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री लाड़ली लक्ष्मी योजना और मातृ वंदना योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण करने के साथ लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित बालिकाओं से संवाद भी करेंगे

इसके लिए एक लाख अस्सी हजार करोड रूपये से अधिक का भुगतान किया गया है कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अंतर्गत खरीफ फसलों की उपज की खरीद जारी रखेगी

सभी पूर्णतः स्वस्थ हैं तथा कहीं से भी किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की कोई सूचना नहीं है मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति तथा कोरोना टीकाकरण के कार्य की समीक्षा कर रहे थे बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान उपस्थित थे

जिसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने बुलेटिन में दे रहे हैं सवाल इस कम में आज का प्रश्न है टीकाकरण स्थल पर लोगों के लिए किस तरह की सावधानी बरतना जरूरी है जवाब इस प्रश्न का जवाब है टीका लगवाने के लिए आने वाले लोगों को टीकाकरण स्थल पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचना होगा टीका लगवाने के बाद किसी तरह की परेशानी महसूस होने पर समीप के स्वास्थ्य अधिकारियों एएनएम और आशाकर्मियों को इसकी जानकारी दी जा सकती है टीकाकरण स्थल पर सुरक्षित दूरी मास्क पहनने और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा

इस हादसे में पैरामोटर्स पायलट सहित एक अन्य की मौत हो गई